इस अवसर पर उन्होंने मंकर संक्रान्ति की बधाई देते हुए कहा कि डाक विभाग द्वारा मकर संक्रन्ति के अवसर पर विशेष आवरण जारी किया गया है जो दस रूपये का स्पेशल टिकट है गोरखपुर का खिचड़ी मेला अब डाक विमाग की कार्यसूची का एक हिस्सा बन गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सूचना डायरी के डिजिटल फार्म मे आ जाने पर कोई भी व्यक्ति स्मार्ट फोन पर इस एप को डाउनलोड कर सकता है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरु करने की तैयारियां जोरों पर है अनेक विमानों से कोविड वैक्सीन देशभर के हवाई अड्डों पर पहुंचाई जा रही है जहां से वैक्सीन को शहरों और कस्बों में भेजा जा रहा है देश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शनिवार से आरम्भ होना है राष्ट्रीय प्राथमिकता सूची के अनुसार वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों को दी जाएगी प्रत्येक टीकाकरण सत्र में प्रतिदिन लगभग सौ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी

आधिकारिक सूत्रों ने आज गोरखप्र मे यह जानकारी दी सूत्रों ने बताया कि स्पाइट जेट के विमान से नौ बाक्स वैक्सीन कल शाम गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचायी गई दोनों मंडलों के सात जिलों में कई सुरक्षा के बीच वैक्सीन भेजी जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव करने का सवाल ही नहीं है सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या के अनुरूप कोविशील्ड और कोवैक्सिन टीके आवंटित किए गये हैं वैक्सीन खुराक की ये शुरूआती आपूर्ति है और आने वाले समय में आवश्यकतानुसार टीके की और भी खुराक उपलब्ध करायी जायेगी मंत्रालय ने कहा है कि उसने राज्यों को सलाह दी है कि अभियान श्रू करें अभियान के दौरान प्रतिदिन लगभग सौ लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित बनायें तीर्थराज प्रयाग में आज माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर पहला स्नान ब्रम्हमुहूर्त से शुरू हो गया है श्रद्वालु अभी भी पवित्र गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान कर रहे हैं इस अवसर पर लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां होने वाली भारी भीड़ और प्रवासी पक्षियों के जमा होने को देखते हुए बर्ड फ्लू के मददेनजर इस बात की हिदायत दी है कि श्रद्वालओं को जागरूक किया जाए कि वे पक्षियों की बीमारी के चलते प्रवासी पक्षियों को दाना इत्यादि न खिलाए यहां कल्पवास के लिए आने वाले श्रद्वालुओं से कोरोना निगेटिव टेस्ट रिर्पाट साथ लाने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया था हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मक कर संक्रांति के अवसर पर सुबह से ही सायु संतों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य की पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं गंगा कमना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर प्रयोगराज में लगभग डेढ़ महीने तक चलन वाले माध मेले का ये पहला बड़ा स्नान माना जाता है प्रशासन ने माघ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और कल वासियों की सूची तैयार की है और किसी को भी बिना करोना की निगेटिव जांच रिपोर्ट के माघ मेला में आने की अनुमति नहीं दी गई मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा सुशील वन्द्र तिवारीआकाशवाणीसमाचार लखनऊ प्रदेश के पूर्वी जिलों में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व आज श्रद्वा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है आज ही से गोरखपुर के गुरू गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष लगने वाला खिचड़ी मेला शुरू हो गया है ब्रम्हमुद्दर्त से ही श्रद्वाल् गुरू गोरक्षनाथ मंदिर पहुंच कर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं गोरक्ष पीठ के महंत और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रम्हमुहर्त में पूजा अर्चना के बाद गुरू गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ायी इसके साथ ही एक महीने तक चलने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्व खिचड़ी मेला शुरू हो गया

मिर्जाप्र में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्वाल्ओं ने माँ विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन किये जौनपूर में गोमती नदी के प्रमुख घाटों पर स्नान करने के बाद लोगों ने दान पुण्य किया कुशीनगर जिले में खिचड़ी का त्यौहार धार्मिक आस्था और हसी खुशी के माहौल में मनाया गया जिले के तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में भारी संख्या में लोगों ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की चित्रकूट में आज लोगों ने मंदाकिनी और यमुना नदी में स्नान कर के मंदिरों में दर्शन किये भरत कृप पर भी श्रद्वालओं की भारी भीड़ रही